मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ़ रखें अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि बांग्लादेश भारत की पड़ोस पहले नीति में प्रमुख स्तम्भ है उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करना हमेशा सरकार की विशेष प्राथमिकता रही है भारत और बांग्लादेश के बीच वर्च्रअल द्विपक्षीय शिखर बैठक में श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक कोविड महामारी के कारण यह वर्ष चुनौतीपूर्ण रहा है उन्होंने कहा कि यह संतोष की बात है कि भारत और बांग्लादेश दवाओं चिकित्सा उपकरणों तथा डॉक्टरों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं सार्क मेम्बर के तहत बांग्लादेश के योगदान के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं स्वास्थ्य के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी इस वर्ष हमारी विशेष साझीदारी निरंतर आगे बढ़ती रही है लैंडबॉर्डर ट्रेड में बाधाओं को हमने कम किया दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी का विस्तार किया नये साधनों को जोड़ा ये सब हमारे संबंधों को और अधिक मजबूत करने के हमारे इरादों को दर्शाता है प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड टीके के क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच अच्छा सहयोग है और इस संबंध में भारत बांग्लादश की जरूरतें पूरी करेगा इस कठिन समय में भारत और बांग्लादेश के बीच अच्छा सहयोग रहा चाहे वो दवाईयां या मेडिकल इक्यूपमेंट्स हों या फिर हेल्थ प्रोफेशनल के साथ काम करना हो वैक्सीन के क्षेत्र में भी हमारे बीच अच्छा सहयोग चल रहा है इस सिलसिले में भी हम आपकी आवश्यकताओं का भी विशेष ध्यान रखेंगे श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों में सम्पर्क सुविधा बढ़ी है और इससे आपसी संबंध मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता का पता चलता है उन्होंने कहा कि विजय दिवस के अगले दिन दोनों देशों के बीच आज इस बैठक का विशेष महत्व है आज की हमारी मुलाकात और अधिक विशेष महत्व रखती है एंटी लिबरेशन फोर्सेज पर बांग्लादेश की ऐतिहासिक जीत को आपके साथ विजय दिवस के रूप में मनाना हमारे लिए गर्व की बात है

मैं दोनों देशों के शहीदों को जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी श्रद्वापूर्वक नमन करता हूं विजय दिवस के अवसर पर कल मैंने भारत में राष्ट्रीय समर स्मारिक में श्रद्धासुमन अर्पित किए और एक स्वर्णिम विजय मशाल प्रज्ज्वलित की ये चार विजय मशाल प्ररे भारत में भ्रमण करेगी और हमारे शहीदों के गांव गांव ले जाई जाएगी भारत बांग्लादेश वर्चुअल शिखर बैठक में श्री मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बंग बंध् डिजीटल प्रदर्शनी का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया दोनों नेताओं ने भारत और बांग्लादेश के बीच चिल्ला हाटी हल्दीबारी रल संपर्क का भी उद्घाटन किया प्रदेश सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से विशेष कार्यक्रम शुरू करने जा रही है यह कार्यक्रम किसान कल्याण मिशन के नाम से जाना जाएगा इसे प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा एक रिपोर्ट किसान कल्याण मिशन के तहत प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा कृषि और उससे जुड़े अन्य विभागों की प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी जिसमें सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग और आजीविका मिशन के उत्पादों को भी प्रदर्शित किया जाएगा प्रदेशभर में किसान गोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा जिसमें प्रगतिशील किसान वैज्ञानिक और कृषि विभाग से जुड़े कार्यकर्ता किसानों को वैज्ञानिक खेती के बारे में बताएंगे और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की भी जानकारी देंगे किसान कल्याण मिशन के अंतर्गत प्रदेश सरकार के विभिन्न विभाग जिनमें कृषि विपणन मंडी परिषद बागवानी पशुपालन मत्स्य गन्ना विभाग और खाद एवं रसद तथा पंचायती राज विभाग शामिल हैं एक साथ मिलकर किसानों के लिए काम करेंगे सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ इस बीच नये कृषि कानूनों को लेकर किसानों के बीच उत्पन्न शंकाओं को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बरेली में एक जनसभा को संबोधित किया

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कृषि कानून किसी को भी किसानों की जमीन पर कब्जा करने का अधिकार नहीं देता है उन्होंने कहा कि कुछ लोग किसानों को गुमराह कर रहे हैं मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में अभी तक सौ मंडियो को हाईटेक किया गया है

उन्होंने कहा कि इसी कारण से आज पूरी दुनिया भारत की ओर आशा से देख रही है कार्यक्रम को केन्द्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने भी संबोधित किया

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गन्ना किसानों के लिए तीन हजार पांच सौ करोड़ रुपये की सहायता को मंजूरी दी है

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया कि इसका लाभ पांच करोड़ किसानों तथा पांच लाख श्रमिकों को मिलेगा मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने छह राज्यों के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना के संशोधित लागत अनुमान को भी मंजूरी दे दी है श्री जावड़ेकर ने बताया कि इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुल आर्थिक विकास और क्षेत्र के राज्यों में पारेषण तथा वितरण ढांचे को मजबत बनाना है प्रदेश में कोविड मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है

राज्य में नमूनों की जांच का कार्य जारी है

प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में आज एक कार्यक्रम में दिव्यांगजनों का सहायक उपकरण वितरित किये गय इस कार्यक्रम में केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थॉवर चन्द्र गहलोत तथा मंत्रालय के अन्य अधिकारीगण वर्चुअल माध्यम से जुड़े कार्यक्रम स्थल पर स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल जिलाधिकारी दीपक मीणा सहित जिले के अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे

इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि दिव्यांगजनों के अन्दर किसी कार्य को करने की विशेष प्रतिभा होती है अगर उन्हें सहायक उपकरण दे दिये जाये तो वे अपनी दिव्यांगता के बावजूद भी समाज के विकास में बेहतर योगदान दे सकते हैं श्री पाल ने कहा कि हमारी सरकार समाज क सभी वर्गो के विकास के लिये प्रतिबद्ध है और इस स्थिति में समाज का कोई भी वर्ग जो सामाजिक और आर्थिक विकास में पिछड़ा हुआ है केन्द्र और प्रदेश सरकार विभिन्न लाभकारी योजनाओं के माध्यम से ऐसे लोगों को समाज के मुख्यधारा में लाने का प्रयास कर रही है जिससे उनकी जिन्दगी को बेहतर बनाया जा सके और वे एक गरिमापूर्ण जीवन जी सके